गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की श्रूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस अभियान का श्भारंभ करेंगे इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे इस योजना का उददेश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा यह अभियान बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड और ओडीसा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है

इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से दो तिहाई को रोजगार मिलने का अन्मान है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से पचास हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे

पर्यटन उदयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों इकाइयों और संस्थानों को राज्य सरकार राहत प्रदान करने का फैसला किया है पर्यटन एवं संस्कृति सचिव दिलीप जावलकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से दो लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा

पर्यटन सचिव ने बताया कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीन दयाल होम स्टे योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को इस साल अप्रैल से जून तक के ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी

प्रति कलाकार एक हजार रुपये की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी पीएम योग अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि प्री दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न च्नौतियों के बहआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है उन्होंने कहा कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक च्नौतियों से निपटने की क्षमता है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद इस बात पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि रोगों से कैसे बचा जाए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योग को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षो में ख़ासकर य्वाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है

इन चिकित्सकों की तैनाती उन अस्पतालों में की जायेगी जहां चिकित्सकों की कमी है ये दोनों चिकित्सालय विश्व बैंक परियोजना के तहत पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे हैं

एम्स ऋषिकेश में कोविड सैम्पलों की जांच के लिए नई आरएनए एक्सट्रेक्शन मशीन इन्स्टॉल की जा चुकी है इस सुविधा से अब मरीजों को उसी दिन जांच रिपोर्ट मिलने लगी है साथ ही अब सैम्पलों की टेस्टिंग में दोग़नी वृदधि हो गयी है

यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत की गई है

अभी तक इन मेडिकल कालेजों में स्थापित मशीनों की टेस्टिंग क्षमता कम थी

जल जीवन मिशन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यो को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिये हैं

आज जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की उपलब्धता के साथ ही शुदधता का भी पूरा ध्यान रखा जाय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए पेयजल राजस्व और वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिये हैं

जल्द ही यहां पर कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया श्रू हो जाएगी इस ट्रंचिंग ग्राउंड पर कई सालों से पूरे शहर का क्ड़ा डाला जा रहा है जिससे यहां कचरे का पहाइ खड़ा हो गया है स्थानीय लोग लंबे समय से इसे हटाने की मांग कर रहे हैं मुख्य नगर अधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि उतराखंड में इस तरह की यह पहली बड़ी मशीन लगी है कुई को हटाने का ठेका लखनऊ की एक फर्म को दिया गया है इस मशीन के जरिए मिट्टी और पॉलिथीन को अलग अलग किया जाएगा मिट्टी को भरान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और पॉलीथीन को बेचकर निगम की आय बढ़ाई जाएगी उन्होंने बताया कि लगभग एक लाख मैट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा इस ट्रंचिंग ग्राउंड में है